इस बीच लोकसभा चुनाव के बाकी के तीन चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है विभिन्न दलों के नेता देशभर में चुनाव सभाएं कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड में कोडरमा में कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ प्रत्येक किसान परिवार तक पहुंचाया जायेगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के धौलपुर में एक चुनाव सभा में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह एक नया कानून बनायेगी जिससे किसी भी किसान को ऋण की अदायगी न कर पाने पर जेल में नहीं डाला जायेगा वहीं आज लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था

इसके तहत चम्पावत में मतगणना कार्मिकों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिलोक सिंह मर्तोलिया ने कार्मिकों से मतगणना कार्य बिना गलती और पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिये जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना गोरलचौड़ मैदान के पास बने मतगणना हॉल में अलग अलग की जाएगी

प्रत्येक टेबल के लिए तीन तीन कार्मिक ड्यूटी पर रहेंगे उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों के पांच पांच वीवीपैट पर्चियों की गणना सामान्य प्रेक्षक की उपस्थित में अलग से की जायेगी

प्रशिक्षण में गणना पर्यवेक्षक गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने प्रतिभाग किया नोडल अधिकारी प्रशिक्षण जगमोहन सोनी ने मतगणना कार्मिकों को बेहद सर्तकता और सावधानी के साथ मतगणना कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि मतगणना में छोटी गलती से भी पूरा परिणाम और निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है अल्मोड़ा में राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में मतगणना की जाएगी

मतगणना टेबल पर मतगणना पर्यवेक्षक मतगणना सहायक और माइक्रो आब्जर्वर के रूप में तीन कार्मिकों की तैनाती रहेगी मतगणना के ठीक पहले प्रेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में मतगणना कार्मिकों को रेन्डामाइजेशन के माध्यम से विधानसभावार टेबल आवंटित की जाएगी

मास्टर ट्रेनर माइक्रो आब्जर्वर मतगणना कार्मिक और रिजर्व सहित करीब एक हजार कार्मिकों की तैनाती रहेगी मतगणना के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एसके बरनवाल ने संबंधित नोडल अधिकारी के साथ बैठक की

स्लग वन्य जीव प्रदेश के तराई पूर्वी वन प्रभाग में जंगली जानवर अब भीषण गर्मी में प्यासे नहीं रहेंगे और उनको पानी की तलाश में भटक कर गांवों की ओर भी नहीं आना पड़ेगा वन्य जीवों को जंगल में ही प्यास बुझाने के लिए वन विभाग ने पक्के हौज और तालाब बनाकर उनमें पानी भरने की योजना बनाई है कृछ जगहों पर प्राकृतिक जल स्रोतों से तो कृछ जगहों पर टैंकरों के माध्यम से पानी पहंचाया जाएगा इन हौज में जानवर पानी पीने के साथ ही स्नान भी कर सकेंगे वनों के अत्यधिक दोहन और बदलते मौसम चक्र के कारण प्राकृतिक जल स्रोत गर्मी में सूख जाते हैं इनमें से अधिकांश जल स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं इसके चलते पानी की तलाश में वन्य जीव जंगल से निकलकर गांवों की तरफ आ जाते हैं पिछले कुछ समय से तराई पूर्वी और आसपास के जंगल से सटे क्षेत्रों में जंगली जानवरों ने काफी नुकसान पहुंचाया है अब वन विभाग ने तय किया है कि वनों में जगह जगह हौज और तालाबों का निर्माण किया जाएगा जिनमें कर्मचारी रोजाना टैंकरों से पानी भरेंगे ताकि जानवर अपनी प्यास बुझा सकें जानवरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शत प्रतिशत बजट उपलब्ध कराया गया है स्लग चार धाम बैठक चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आज विधानभवन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को देखते हए मार्गों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए साथ ही यात्रा रूटों पर पॉलीथिन के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा वहीं केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से क्षतिग्रस्त हुए टेंटों के स्थान पर नए टेंटों की व्यवस्था की जा रही है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को समय पर द्रुस्त करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए स्लग दीक्षांत समारोह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि भविष्य में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में सीटें बढ़ाई जाएंगी उन्होंने कहा पंतनगर विश्वविद्यालय को फिर से एशिया लेवल पर पुनः स्थापित किया जाएगा

पहली बार विश्वविद्याल के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं ने पारम्परिक परिधान पहने साथ ही कार्यक्रम में पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में एक किसान को आमंत्रित किया गया प्रगतिशील किसान पद्म श्री भारत भूषण त्यागी को विज्ञान वारिधि की उपाधि प्रदान की गई इसके अलावा उन्हें फॉर्मर प्रोफेसर के मानद पद से भी नवाजा गया कुलाधिपति श्रीमती मौर्य ने कहा किकृषि क्षेत्र की चिंता करने वाले और कृषि के क्षेत्र में बेहतर ज्ञान रखने वाले भारत भूषण त्यागी को सम्मानित कर किसानों का सम्मान किया गया है इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि गंगोत्री में चिकित्सालय खोला जाएगा वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे मन्दिर क्षेत्र में पॉलीथीन पर प्रतिबंध रहेगा गंगोत्री में दुकानें व्यवस्थित ढंग से लगाई जाएंगी और भिखारियों पर भी रोक रहेगी जिलाधिकारी ने बताया कि तीन मई को गंगोत्री भटवाड़ी गंगनानी और हर्षिल में सफाई अभियान चलाया जायेगा यात्रा सीजन के दौरान हर सप्ताह गंगोत्री क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जायेगा

बच्चों को यातायात प्रबंधन सिखाने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा नियमों से अवगत कराने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया है

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जूनियर ट्रैफिक फोर्स को संबोधित करते हुए कहा कि देश में काफी बड़ी संख्या में लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं सड़क सुरक्षा नियमों के पालन से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है